प्रदेश सरकार वनाधिकार कानून को मिशन मोड में करेगी लागू मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नशे की गंभीर समस्या से छुटकारा पाने के लिए समाज में जागरूकता लाने की जरूरत बताई उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे पर जांच की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज विधेयक प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए एन डी पी एस एक्ट में संशोधन विधेयक को आज विधानसभा में पारित कर दिया गया संशोधन विधेयक के अनुसार अब एक ग्राम मादक पदार्थ रखने वाले को भी जमानत नहीं मिलेगी विधेयक पर विधानसभा में हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि अब ड्रग माफिया को सख्त संदेश देने का समय आ गया है उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा में पारित एन डी पी एस संशोधन विधेयक का अच्छा प्रभाव पड़ेगा और प्रदेश में फैल रहे ड्रग माफिया पर कड़ाई से लगाम लग सकेगी जयराम ठाकुर ने दावा किया कि इस संशोधन विधेयक को लाने से पहले इस पर गहन विचार विमर्श किया गया विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा के रमेश धवाला ने भांग को इस कानून से बाहर रखने व चिट्टा और इसी प्रकार के अन्य मादक पदार्थे को इस के तहत लाने की मांग की इस बीच विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण व संवर्धन विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ये विधेयक गौवंश से जुड़ी समस्याओं के समाधन के लिए मील पत्थर साबित होगा

इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधीशों को पत्र लिख कर निर्देश जारी किए हैं

वनाधिकार कानून के तहत अधिकांश मामले पंचायत स्तर पर लंबित हैं और सरकार का प्रयास है कि सभी मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून को तेजी से लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने तीन कमेटियों का गठन भी किया है इससे पहले मामला उठाते हुए सीपीएम के राकेश सिंघा ने सरकार से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत देने और वनाधिकार कानून को अक्षरशः लागू करने की मांग की तथा कहा कि ऐसा करने से ही प्रदेश के गरीब लोगों को राहत मिल पाएगी उन्होंने ये भी मांग की कि प्रदेश की सारी जनता को वनाधिकार कानून का हकदार माना जाए इसी मुद्दे पर कांग्रेस के आशीष बुटेल ने कहा कि वनाधिकार कानून के तहत लंबित सभी मामलों को समयबद्ध निपटाया जाए उन्होंने कहा कि यदि पात्र लोगों को इस कानून के तहत उनके अधिकार नहीं दिए गए तो ये कानून बनाने वालों के लिए शर्मनाक बात होगी

ये प्रस्ताव आगामी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा

उन्होंने कहा कि हिमाचल वीर भूमि है और प्रदेश के जवानों ने हमेशा ही अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया है ऐसे में हिमाचल अथवा हिमालय के नाम पर सेना में एक रेजिमेंट होनी चाहिए इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक धनीराम शांडिल राकेश पठानिया कर्नल इंद्र सिंह रामलाल ठाकुर सुरेश कश्यप इंद्रदत्त लखनपाल बिक्रम जरियाल और राकेश सिंघा ने इसका समर्थन किया जबकि किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रस्ताव की मंशा पर एतराज जताया और कहा कि ये प्रस्ताव लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लाया गया है ताकि प्रदेश की जनता को फिर से गुमराह किया जा सके प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस प्रस्ताव को जगत सिंह नेगी द्वारा राजनीतिक दृष्टि से देखने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर स्तर पर सतलुत जल विद्युत निगम के एनटीपीसी में विलय का विरोध करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण के प्रति समय रहते सजग होने की जरूरत है उन्होंने प्रदेश के सात प्रदूषित शहरों में सुंदनगर का भी नाम आने पर चिंता जताई मुख्यमंत्री सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि सुंदरनगर में प्रद्षण रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि वास्तव में इस सुंदर शहर को प्रदूषित शहरों की सूची से बाहर लाया जा सके

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बुराई को खत्म करने के लिए समाज में निचले स्तर तक जागरूकता लाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार नशे की बुराई से ग्रसित लोगों के पुनर्वास के लिए प्राथमिकता के आधार पर नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी उन्होंने कहा कि इस सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि राज्य के सीमांत जिलों में पुलिस को सुदृढ़ किया गया है ताकि राज्य के बाहर से प्रदेश में आ रहे नशे को नियंत्रित किया जा सके इससे पहले अनिरूद्व सिंह ने अपने सवाल में सरकार से केवल सिंथेटिक ड्रग को गैर जमानती अपराध बनाने की मांग की

उन्होंने कहा कि इस सुरंग की डीपीआर तैयार करने के लिए मामला भारत सरकार से उठाया गया है विधायक रीता धीमान के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के डमटाल में पानी में तेजाब की मात्रा पाए जाने की शिकायतों की जांच के लिए इसी महीने प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड की टीम क्षेत्र का दौरा करेगी और यदि शिकायतें सही पाई गई तो संबंधित उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल निरीक्षण में पानी में तेजाब होने की पुष्टि नहीं हुई है

कांग्रेस के ही राजेंद्र राणा के एक सवाल पर जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को फिलहाल पुरानी पेंशन बहाल करने का कोई इरादा नहीं है भाजपा के बलवीर वर्मा के एक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही आयुर्वेद डॉक्टरों के रिक्त पदों को भर दिया जाएगा सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि समन्वित स्वास्थ्य देखभाल व गुणवत्ता और चिकित्सीय मांग को पूरा करने के लिए पहले से बनी मानसिकता को तोड़ने से चिकित्सा संस्थानों को मदद मिलेगी धर्मशाला के तपोवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा के सब हिमालयी जनरल ऑफ हैल्थ रिसर्च को जारी करने के मौके उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि अस्पताल का ये प्रकाशन खासतौर पर उप हिमालयी क्षेत्रों में रोग प्रबंधन व निदान के अनुसंधानों पर नई जानकारी प्रदान करता है इससे चिकित्सकों को लाभ मिलेगा राफेल उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को एफआईआर दायर करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रूपये के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लड़ाकू विमानों की देश को आवश्यकता है और इनके बिना काम नहीं चलाया जा सकता शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कीमत से संबंधित व्यापक ब्यौरों को निपटाना न्यायालय का काम नहीं है राफेल प्रतिक्रिया इस बीच लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने राफेल डील पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सेना व देशवासियों की जीत बताया है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्मिता को बनाए रखने के लिए प्रतिबध है अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार और झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप भी लगाया सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी राफेल मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर खुशी जताई है उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के उदेश्य से अपील दायर की थी मगर अदालत ने उसे खारिज कर सौ फीसदी सही बताया है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इससे कांग्रेस नेताओं की घटिया मानसिकता का पता चलता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की हैं उनका पूरा फायदा लोगों को मिल रहा है मांग लाहौल स्पिति ज़िले में तोद वैली की कोलंग पंचायत के पूर्व प्रधान लामा अंज्ञाल ने रोहतांग सुरंग से एम्बुलेंस के अलावा मुसिबत में फंसे लोगों को मनाली जाने की अनुमति देने की सरकार से मांग की है उन्होंने इस संबंध में जिला उपायुक्त को भी अवगत करवाया है और लाहौल के लिए जल्द से जल्द हैलिकॉप्टर सेवा शुरू करने का भी अनुरोध किया है पुरस्कार प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ किया इन पुरस्कारों के जरिए महिला किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानियों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा महिला किसानों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चयन किया है